पुलिस ने पीएलएफआई के तीन उग्रवादियों को खूंटी के मुरहु थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड की स्थिति तथा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई इस बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्व हो चुकी है निकट भविष्य में आने वाले वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया प्रधानमंत्री को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली को विन के बारे में भी बताया गया यह वैक्सीन सबसे पहले लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दो कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और यह वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की भावना से प्रेरित है

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच प्रमुख स्तंभ अर्थव्यवस्था ब्नियादी ढांचा जनसांख्यिकी लोकतंत्र और आपूर्ति श्रंखला हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य स्व केन्द्रित प्रबंधन या देश को बंद करना नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजनाओं से भारतीय वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र में अनुसंधान संबंधी गतिविधियां संचालित करने में बड़ी मदद मिली है श्री हर्षवर्धन कल चेन्नई बंदरगाह न्यास के सागर अन्वेषिका पोत के जलावतरण के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक कोरोना वायरस को अलग करने और उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग करने में दुनिया में सबसे आगे रहे हैं जिससे इस महामारी से निपटने में बड़ी मदद मिली है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ छत्तीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है इनमें सर्वाधिक एक सौ पचीस रांची से हैं राज्य भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख सोलह हजार छह सौ बहत्तर हो चुकी है

कल दो सौ पांच संक्रमित मरीजों को स्वस्थ्य होने के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख तेरह हजार नौ सौ अठ्ठाइस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है जबकि एक हजार चार सौ पैंसठ सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है

इसका आयोजन मंगलवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर होगा

लोहरदगा मे युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हुनरमंद बनाया जाएगा

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी के डोम्बारी शहीद स्थल में भगवान बिरसा के आंदोलन के समय शहीद हुए क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्वांजलि दी

वही विभिन्न राज्यों में प्रखंड स्तर पर भी कई कार्य किए जा रहे हैं उड़ीसा बंगाल असम गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तरांचल के आदिवासियों में भी विकास के प्रति ललक दिखती है ऐसे में पूरे देश के आदिवासियों को अपने समुदाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है पिछले कई दशको की तुलना में वर्तमान दशक में शिक्षा के प्रति आदिवासियों की जागरूकता बढ़ी है संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को बरकरार रखने के साथ साथ प्रगति के पथ पर आदिवासी समाज को आगे बढ़ने की आवश्यकता है

गिरफ्तार लोगों र्स पुलिस ने लेवी के पन्द्रह हजार रूपये एक पल्सर बाईक पीएलएफआइ के चंदे की रसीद और चार मोबाईल फोन बरामद किया है पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गयी राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि मार्च महीने में चतरा जिले की अति महत्वाकांक्षी चोरकारी पावर ग्रिड की शुरूआत हो जाएगी ग्रिड का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे

बिजली वितरण निगम ने तीन माह तक गांव में पांच हजार जबकि शहरी क्षेत्रों में दस हजार से अधिक के बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोगक्ताओं के कनेक्शन काटने की योजना बनायी है रांची आपूर्ति अंचल के सभी छह डिवीजन के साथ खूंटी गुमला लोहरदगा और सिमडेगा में भी यह अभियान चलाया जाएगा इस संबंध में महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने सभी डिवीजन में छापेमारी के आदेश दिये हैं रांजधानी रांची के हटिया ट्र ग्रीड में बिजली उपकरणों को बदलने के कारण कल सुबह आठ से दिन के दस बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी इस दौरान शहर के ज्यादातर इलाकों में लाइन कटी रहेगी राज्य के विभिन्न जिलों से पक्षियों की मौत के बाद पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके की ओर से मृत पक्षियों के नूमने मंगाये गये हैं जिसे बर्ड फ़लू की जांच के लिए क्षेत्र रोग नैदानिक प्रयोगशाला कोलकाता भेजा जा रहा है इसे लेकर प्रशासन की ओर से सर्तकता बैठक ब्लायी गयी जिसमें विभिन्न जिलों के पशुपालन पदाधिकारी और जिला नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया बैठक में कहा गया कि बर्ड फ्लू से सर्तकता के लिए रैपिड रिस्पोंस टीम का अविलंब गठन किया जाय साथ ही जंगली तथा पालतू पशुओं से भी बर्ड फ़लू से संबंधित नमूने संस्थान को भेजा जाय बैठक में यह भी तय किया गया कि जल्द ही आम लोगों के बीच बर्ड फ़लू को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा भूमि विवाद समाधान दिवस के अवसर पर कल राजधानी रांची के सभी अंचलों में एक सौ तिहत्तर मामलों का निष्पादन किया गया ज्यादातर मामले जबरन दखल प्रयास जमीन मापी विवाद आपसी बटबारा विवाद दोहरी जमाबंदी आदि से जुड़े थे जिन मामलों का निपटारा नहीं हो पाया उन्हें कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय में भेज दिया गया है

इस कारण जनवरी में ही गर्मी का एहसास हो रहा है

क्योंकि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा का असर झारखंड पर पडेगा इस वजह से न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है

सुबह में कोहरे के बाद दिन में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने देश भर में सोलह जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान के शुभारंभ और उसकी तैयारियों की खबर को प्रमुखता से छापा है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर केन्द्रीय संस्थानों पर एक हजार दो सौ चौरानवे करोड़ बिजली बिल बकाया अब जेबीवीएनएल भेजेगा नोटिस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने ऐलान देश भर में सोलह जनवरी से लगेंगे टीके शीर्षक को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है दैनिक भास्कर ने लिखा है आ गयी देश की उम्मीदों की तारीख सोलह जनवरी से लगेगा कोरोना का टीका दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गये थे तीन सौ आतंकी शीर्षक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र के अस्पताल में लगी आग दस बच्चों की मौत शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है